केन्द्र सरकार ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीन शहरों में पाईपलाईन से रसोईगैस वितरण योजना को दी मंजूरी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना चंबा जिले के कमजोर वर्ग के लिए बनी मददगार साम्प्रदायिक सदभाव तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आज से कौमी एकता सप्ताह शुरू मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं की सहभागिता के बिना समाज के समग्र विकास की कल्पना करना असंभव है राज्य महिला मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद कांगड़ा ज़िले के जसूर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि लड़कियां विकास के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं जो समाज के संपूर्ण विकास के लिए अच्छा संकेत है जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर थी मगर मौजूदा सरकार ने महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के प्रवास के आज दूसरे दिन सराहां में मिनी सचिवालय का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी सचिवालय के बनने से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाए उपलब्ध होंगी इससे पहले मुख्यमंत्री ने नाहन ददाहू हरिपुरधार सड़क पर रेणुका जी में गिरी नदी पर बनने वाले डबललेन पुल की आधारशिला भी रखी इस मौके विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित विधायकगण व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले में आज विभिन्न विकास कार्यो की आधारशिला रखी

इससे पहले उन्होंने स्वच्छता में बेहतर कार्य करने के लिए गौशाल व तांदी पंचायत को सम्मानित किया प्रैसवार्ता मारकंडा इस बीच कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने कहा कि रोहतांग दर्रे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के संबंध में वे सीमा सड़क संगठन के शिमला स्थित कार्यालय के उच्चाधिकारियों से बात करेंगे रामलाल मारकंडा ने कहा कि रोहतांग दर्रा न खुलने की स्थिति में वे लाहौल जाने के लिए सुरंग से लोगों को भेजने की व्यवस्था या हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को लेकर पैरवी करेंगे उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुरंग के नाम पर राजनीति कर रहे हैं जो ठीक नहीं है सत्ती केन्द्र सरकार ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीन शहरों में पाईपलाईन से रसोई गैस वितरण योजना को मंजूरी दे दी है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन शहरों ऊना बिलासपुर और हमीरपुर को केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए चयनित किया है

वीरेन्द्र कंवर ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के चोगाठ गांव में पर्यटन की दृष्टि से कैम्पिंग साइट विकसित की जाएगी

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इन जलाश्यों के आस पास पर्यटकों की सुविधा के लिए दैक बनाए जाएंगे और लोगों के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए पानी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को गुणात्मक व संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करना अध्यापकों का दायित्व है बिलासपुर जिले के घुमारवीं में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन इन प्रतिभाओं को तराशकर उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने पर बल दिया है पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र की सलोह पंचायत में आज ज़िला स्तरीय सहकारिता दिवस के मौके आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र में प्रदेश को देशभर में अव्वल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से दूध प्रसंस्करण संयंत्र लगाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी सोलन ज़िले के कुमारहट्टी में ज़िला स्तरीय सहकार सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही राजीव सहजल ने सहकारी सभाओं को समय की मांग के अनुसार आधुनिक तकनीक अपनाने की ज़रूरत बताई उन्होंने सहकारी सभाओं के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया आयुष्मान केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है

आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है योजना के तहत पुरानी बीमारियों का ईलाज भी शामिल किया गया है चंबा जिले में इस योजना का लाम लेने के लिए कार्ड बनवाने पहुंचे परवीन नंदा गुलाय रसूल और राकेश योजना को लाभदायक मानते हैं कैशलैस योजना से मरीजों को सरकार की तरफ से पांच लाख रूपये तक के ईलाज के लिए मदद दी जा रही है और अस्पताल में ईलाज के लिए भारी खर्च में कटौती होने से गरीब वर्ग अपना ईलाज करवा पा रहे हैं चंबा से विकास ठाकुर के साथ राजकुमारी चंदेल आकाशवाणी समाचार शिमला कौमी एकता सप्ताह साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है इस आयोजन से देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को संरक्षित रखने तथा सहिष्णुता सहअस्तित्व और भाइचारे की सदियों पुरानी परम्परा सुद्रढ़ करने का अवसर मिलेगा एक सप्ताह के कार्यकमों के तहत आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया इस अवसर पर धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिक सद्भाव और अहिंसा पर बैठक और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया कौमी एकता सप्ताह के अंतिम दिन को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा जयंती देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई शिमला के रिज मैदान स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया इस मौके नगर निगम के उप महापौर सहित अन्य गणमान्य लोग और स्कूली विद्यार्थियों ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कार्यक्रम आयोजित कर इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे रेडकॉस सोसाइटी राज्य रेडकॉस सोसाइटी अक्षम व बुजुर्ग लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सराहनीय कार्य कर रही है ये बात प्रदेश रेडकॉस सोसाईटी की उपाध्यक्ष साधना ठाकुर ने आज कुल्लू में तीन दिवसीय रेडकॉस मेले के उद्घाटन अवसर पर कही उन्होंने महिलाओं से भी रेडकॉस और अन्य सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी जिले की रेडकॉस सोसाईटी जोगिन्द्रनगर द्वारा आयोजित एक दिवसीय उपमंडल स्तरीय रेडकॉस मेले का शुभारंभ किया

उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने सिरमौर जिला के हरिपुरधार में पुलिस चौकी का आज उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी वीरेन्द्र कश्यप ने युवाओं से नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का आहवान किया

कांग्रेस मंडी संसदीय क्षेत्र का एक दिवसीय सम्मेलन आज कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में मंडी में हुआ जिसमें प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहीं इस अवसर पर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया

पार्टी प्रभारी ने संसदीय क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर भी राय जानी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद किसानों को भूमि अधिग्रहण का चार गुणा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है